चम्बा ज़िले में साच दर्रा छोटे वाहनों के लिए बहाल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मिलेगी राहत मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए लोगों से जन आंदोलन शुरू करने का आहवान किया है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से जल की एक एक ब्रंद बचाने का आग्रह किया उन्होंने आह्वान किया कि लोग जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं

उन्होंने लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना की उन्होंने द्निया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति क्षेत्र के हिक्किम मतदान केन्द्र का भी उल्लेख किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये भारत की संस्कृति और विरासत का अंग है

उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के विचारों और सुझावों पर अमल करने का आग्रह किया प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश में लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का आहवान किया है और वे स्वच्छता अभियान की तर्ज़ पर जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे

उन्होंने पच्छाद के दाड़ो देवरिया में भी पेयजल योजना का शुभारम्भ किया

इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है शिमला में आज पुलिस पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि नशा एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनी हुई है और इसके चलते कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है

उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशा बेचने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है उन्होंने हाफ मैराथन के विजेताओं को भी सम्मानित किया पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी सहित अन्य गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे

ये सभी लोग पर्यटन स्थल पराशर घूमने गए थे और वापस लौटते समय उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया

जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सरकार गरीब व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानकर ही योजनाएं व कार्यक्रम निर्धारित कर रही है कांगड़ा के टांडा अस्पताल में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने को कृतसंकल्प है

साच दर्रा देखने आने वाले पर्यटकों को भी इससे राहत मिलेगी हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पांगी घाटी के लोग पिछले कई वर्षो से चैहणी सुरंग के निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन इस दिशा में फिलहाल कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है लोगों का कहना है कि सुरंग के बनने से पांगी घाटी वर्ष भर चम्बा से जुड़ी रहेगी मार्ग बहाल उधर लाहौल स्पीति ज़िले में कुंजुम दर्रे से बर्फ हटाकर ग्रांफू काज़ा मार्ग भी बहाल कर दिया गया है

मार्ग बहाल होने से अब पर्यटक प्रसिद्व चंद्रताल झील पहुंच सकेंगे संगठन के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने बताया कि फिलहाल मार्ग से छोटे वाहनों की आवाजाही हो सकेगी

ज़िला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने सदस्यता अभियान की सफलता के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया धुमल दूसरी ओर सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने हमीरपुर जिले के टौणी देवी में रणनीति तैयार की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस संबंध में कार्यकर्ताओं को जुरूरी दिशा निर्देश दिए

इस सुविधा का ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शुभारम्भ किया वीरेन्द्र कंवर इधर शिमला के राजकीय विद्यालय लालपानी में हुए एक कार्यक्रम में वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों से संत कबीर के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि संत कबीर के विचार सभी के लिए पथ प्रदर्शक साबित हो सकते हैं इस्तीफा कांग्रेस विधायक हषवर्धन चौहान ने पार्टी के प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है